मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के विकास के लिये कर रही है काम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन कॉप थर्टीन का कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घुमन्तू प्रजातियों के संरक्षण पर भारत की प्रतिबद्वता को दोहराते हुए कहा कि भारत जलवाय संरक्षण स्थाई जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत मे बाघों की संख्या दो हजार से अधिक हो गई है जो लक्ष्य से दो साल पहले दो गुनी हो गई श्री मोदी ने अपनी सरकार द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए देशमर में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर मौजूद थे श्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर कहा जलवायू को सख्त नियम और कानूनों से नहीं बल्कि लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी से ही बचाया जा सकता है और इसलिए इसके संरक्षण के लिए ऐसी शर्ते न रखें जो वास्तविक न हों प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के इस सम्मेलन में एक सौ तीस देशों के जाने माने संरक्षण विशेषज्ञ और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन हिस्सा ले रहे हैं इसमें कई देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन वन्य जीव संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे इसके लिए आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी बाईस फरवरी तक चलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के विकास के लिये कार्य कर रही है श्री योगी कल विधानसभा में बोल रहे थे सदन में बसपा और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कानपुर की एक दलित बस्ती में दबंगों के अत्याचार की घटना का मामला उठाये जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के दलितों को उनके अधिकार दे रही है अब तक तीस लाख लोगों को घर बड़ी संख्या में बिजली कनेक्शन आयुष्मान योजना के तहत सुविधाएं देकर लाभान्वित कराया जा रहा है इससे पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने कल विधानसभा में हंगामा करते हुए प्रश्नकाल बाधित किया प्रदेश सरकार आज विधानसभा में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का वार्षिक बजट प्रस्त्त करेगी

बजट में डिफॅस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और अयोध्या के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि मिलने की संभावना है

जिसके चलते विधान परिषद की कार्यवाही को आघे घंटे के लिये स्थगित करना पडा

गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने सदन में एक सवाल के जवाब में बताया कि किसानों को बिना किसी विलम्ब के भुगतान मिल रहा है

रक्षामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विचार का समर्थन किया है और वर्ष दो हजार अट्ठारह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नीति में बदलाव की घोषणा की थी उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है उच्चतम न्यायालय ने कल केन्द्र को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है न्यायालय ने कहा कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने मौत की सजा प्राप्त दोषियों मुकेश सिंह पवन ग्प्ता विनय शर्मा और अक्षय क्मार के खिलाफ मौत का नया आदेश जारी किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री कल चित्रकूट में एक्सप्रेस वे से सम्बद्ध कार्यो की समीक्षा कर रहे थे श्री योगी ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि उन्तीस फरवरी को एक्सप्रेस वे के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये सरकार की महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को आज पांच वर्ष पूरे हो रहे हैं देश में हर खेत की पोषक स्थिति का आकलन करने के लिए दो हजार पन्द्रह में यह योजना शुरू की गई थी इस योजना का उद्देश्य किसानों को हर दो वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है छब्बीस नवंबर दो हजार सत्रह को मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे यह देखकर बहत खुश हैं कि किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए सुझावों को लागू करने के प्रति सचेत हैं और किसानों ने माना है कि उचित उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी की देखभाल करना आवश्यक है मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि मेरे किसान भाई सोईल हैल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती मां का ख्याल रखना होगा और अगर धरती मां का हम ख्याल रखेंगे तो धरती मां हम सबका ख्याल रखेगी हमारी श्रंखला हर काम देश के नाम में हम समाज के निचले स्तर तक विकास का लाभ पहुंचाने तथा सबके कल्याण के लिए तैयार सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों पर नजर डालते हैं कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रमारी डॉक्टर एस के सिंह बताते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है जो स्वीकृतियां दी गई होती हैं उसके आघार पर किसान को सुझाव दिए जाते है वो अपने खेत में जो रासायनिक जैविक ऊर्वरक मुदा सुधारक और स्वच्छ पोषण तत्व की उसकी कमी होती है कैसे पूरा करें और उस किसान की उत्पादन बढ़े पीलीमीत के एक किसान सुखलाल वर्मा कहते हैं यह कार्ड किसानों के लिए बड़ा तामदायक सिद्ध हुआ है मैने मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के तहत मिट्टी को जांच कराई इससे हमें खाद व जिंक उसी हिसाब से देने में आसानी होती है जिससे हमारी लागत घटी है और आमदनी बढ़ी है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

हाईस्कूल की परीक्षाए तीन मार्च तक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं छह मार्च तक चलेंगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव प्रशासन शिवपाल ने बताया कि परीक्षा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है सभी नियंत्रण कक्ष लखनऊ में स्थापित राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम से संबद्व रहेंगे वाराणसी के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित दो दिवसीय काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम का कल समापन हो गया इस कार्यक्रम में दस हजार से अधिक कलाकारों और बुनकरों ने अपने कार्यो को प्रदर्शित किया साथ ही उन्होंने विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से शिल्पकला और बुनकरी के बारे में जानकारी प्राप्त की कार्यक्रम में कारीगरो को अपने उत्पाद की मार्केटिंग ब्राण्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार के तौर तरीके भी बताए गये उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा आयोजित काशी एक रूप अनेक कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को किया था